केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को मई और जून के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन को मंजूरी दी

प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे में पुलिस की सख्ती से लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर लगा अंकुश मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश में तेज हवाओं और आंधी के बारे में अलर्ट जारी किया कई जिलों में हल्की बारिश के भी आसार

सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं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

बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज आयोजित कांफ्रेंस में कोविड से राहत के लिये छोटे और व्यक्तिगत कर्जदारों के वास्ते लोन रिस्ट्रक्वरिंग का ऐलान किया

वह इस बार लोन रीस्ट्रक्वरिंग की सुविधा ले सकते हैं

इसके अलावा प्राथमिकता वाले सेक्टरों के लिए जल्द ही लोन और इंसेंटिव का प्रावधान भी किया जाएगा उन्होंने कहा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को विशेष छूट दी गई हैं श्री दास ने वीडियो केवाईसी को लेकर अलग अलग कैटेगरी के लिये नियमों की भी घोषणा की

केन्द्र ने पिछले महीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के तहत दो महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की घोषणा की थी मंत्रिमंडल ने आज इस फैसले को स्वीकृति दे दी इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह पांच किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा

केन्द्र की इस घोषणा से प्रत्येक व्यक्ति के लिए समुचित पोषाहार सुनिश्चित होगा

इस बैठक में कोरोना से उत्पन्न हुई परिस्थितियों तथा कोविड टीकॉकरण से जुडे विभिन्न विषयों पर मंथन किये जाने की उम्मीद है इस बीच चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है प्रदेश भर में चल रहे रेड अलर्ट जनअनुशासन पखवाड़ा के दौरान पिछले दो दिनों से संक्रमितों की तादाद में थोड़ी गिरावट दिखने लगी है

डॉ शर्मा ने कहा कि आक्सीजन की सप्लाई जल्द से जल्द प्रदेश तक पहुंचे इसके लिए सरकार रेल और एयरफोर्स से लगातार संपर्क में है सरकार द्वारा टैंकरो की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि अलोटेड ऑक्सीजन प्रदेश को भिल सके उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने जैसे हर विषय पर सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है

वहीं सीकर में आज जिला प्रशासन की ओर से पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए सूचना केन्द्र में विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया

राहत की बात है कि अधिकतर मरीज घरो में रहकर इलाज ले रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं

दौसा में पुलिस ने बरीकेडस लगा कर वाहनों के आने जाने पर रोक लगा रखी है

बांसवाड़ा में सरकारी गाइड लाइन की अवहेलना के आरोप में एक व्यापारी की दुकान को सीज कर दिया गया चूरू में सरकारी गाइड लाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर रही है

पाली में सूचना और जनसंपर्क कार्यालय की ओर से कोविड जागरुकता रथ रवाना किया गया सवाईमाधोपुर में जिला कलेक्टर हालात पर लगातार नजर रखे हये हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां भी लोग कोविड को देखते हुये विवाह समारोह स्थगित कर रहे है

प्रधान मुख्य वन्यजीव संरक्षक मोहन लाल मीणा ने आकाशवाणी को बताया कि सभी चिड़ियाघर बॉयोलोजिकल पार्क और अभ्यारण्यों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक राजेश्वर सिंह ने बताया कि योजना के तहत परिवहन निगम की वैबसाईट पर ऑनलाईन पंजीयन किया जा सकेगा

इस कडी में आज जयपुर में भी भाजपा कार्यालय पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले दो दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज हवा और आंधी चलेगी इसके लिये विमाग ने यलो अलर्ट जारी किया है उन्होंने बताया कि अगले दो दिनों तक जयपूर भरतपूर अजमेर बीकानेर जोधपूर संभागों के जिलों में हल्की वर्षा के आसार है